अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर की ओपीडी सेवाएं कल सत्ताईस जून से फिर होगी शुरू जाति प्रमाण पत्र प्रदेश में छात्र छात्राओं और आम लोगों को अब जाति और निवास प्रमाण पत्र उनके घरों में ही प्रदान किए जाएंगे राज्य शासन ने जाति और निवास प्रमाण पत्र के वितरण को सरल करते हुए प्रमाण पत्रों को आवेदकों के घर पहंच सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश सभी जिला कलेक्टरों को जारी किया है आदेश में कहा गया है कि जाति और निवास प्रमाण पत्र जारी होने के बाद संबंधित आवेदकों से डाक रजिस्ट्री शुल्क लेकर प्रमाण पत्र उनके घर के पते पर भेजा जाएगा इसके लिए लोक सेवा केन्द्रों तथा तहसील कार्यालयों द्वारा आवेदकों से डाक रजिस्ट्री व्यय शुल्क लेकर और इसकी पावती देते हुए आवेदकों के निवास के पते पर प्रमाण पत्र भेजने की सुविधा जाएगी इससे आवेदकों को पुनः तहसील कार्यालय और लोक सेवा केन्द्रों में जाने की जरूरत नहीं होगी सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव ने सभी कलेक्टरों को शासन की मंशा के अनुसार जाति और निवास प्रमाण पत्र आवेदकों के घर भिजवाने की सुविधा शीघ्र शुरू करने को कहा है

उन्होंने कहा कि चूंकि इसका कोई टीका उपलब्ध नहीं है इसलिए इस संक्रमण से बचने का उपाय केवल मास्क और दो गज की दूरी या सुरक्षित दूरी है इसकी एक दवाई है जिसका हम सबको पता है और ये दवाई है दो गज की दूरी ये दवाई है मुंह ढ़कना फेसकवर या गमछे का इस्तेमाल करना जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं बनती है टीका नहीं बनता है हम इसी दवाई से इस कोरोना को रोक पाएंगे

मुख्यमंत्री पत्र मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर कोरोना संक्रमण के कारण उत्पन्न हुई विषम परिस्थितियों में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को आगामी तीन माह के लिए सितम्बर तक बढ़ाने अनुरोध किया है उन्होंने राज्य सरकार द्वारा चिन्हांकित लगभग चौदह लाख का राशनकार्डधारी परिवारों को भी इस योजना के तहत लाभान्वित करने की बात कही है मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि केन्द्र सरकार द्वारा लागू प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से देश में खाद्यान्न उपलब्धता बढ़ाने में मदद मिली है छत्तीसगढ़ में यूनिवर्सल पीडीएस के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मान्य साढ़े इंक्यावन लाख राशनकार्डधारी परिवारों के अलावा राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त चौदह लाख राशनकार्डधारी परिवारों को खाद्यान्न सुरक्षा उपलब्ध करायी जा रही है श्री बघेल ने कहा है कि कोरोना संकट के दौरान स्थिति सामान्य होने में अभी काफी समय लगना संभावित है निःशुल्क खाद्यान्न के माध्यम से न केवल जरूरतमंद व्यक्तियों की रोजी रोटी की चिन्ता कम की जा सकेगी बल्कि जन साधारण में भी इसका सकारात्मक संदेश जाएगा

इनमें दुर्ग और रायपुर जिले में बारह बारह वहीं बेमेतरा जिले का एक मरीज शामिल है इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर दो हजार चार सौ इक्यासी हो गई है इसमें से कई मरीज ठीक भी हो चुके हैं प्रदेश में वर्तमान में सात सौ चालीस कोरोना संक्रमित मरीजों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है राजधानी रायपुर में आज कोरोना संक्रमित बारह नये मरीजों की पुष्टि हुई है जिनमें पुरानी बस्ती के थाना प्रभारी के साथ ही एम्स रायपुर में कार्यरत् तीन लोग भी शामिल हैं वहीं दुर्ग जिले में भी आज बारह नये कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं जिनमें से बीएसएफ के सात जवान चार मेडिकल स्टॉफ और एक छात्र शामिल हैं इसी तरह बेमेतरा जिले का एक तेरह वर्षीय बालक जो भिलाई रिथित शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज करा रहा था वह भी कोरोना संक्रमित पाया गया है इसके बाद इस अस्पताल के पिडियाट्रिक आईसीयू वार्ड को सील कर दिया गया है दूसरी ओर राजनांदगांव जिला कलेक्टर ने जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए शासकीय कार्यालयों को सैनिटाईज किए जाने के साथ ही यहां सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करने और मास्क का उपयोग करने के निर्देश दिए हैं वहीं पुलिस प्रशासन ने आज शहर में फ्लैग मार्च कर लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करने की समझाईश दी इस बीच नगर निगम प्रशासन ने ठेले खोमचों को हटाने की कार्रवाई भी की स्वास्थ्य विभाग द्वारा सांई हॉस्टल और दिग्विजय स्टेडियम परिसर को भी क्वारेंटाइन घोषित कर दिया गया है इधर बलौदाबाजार भाटापारा जिले में पलारी तहसील के ग्राम सीतापार स्थित क्वारेंटाइन सेंटर से क्वारेंटाइन अवधि पूरी किए बगैर फरार हुए सात लोगों के खिलाफ पलारी थाने में एफआईआर दर्ज की गई है

बाद में सब्जी विक्रेताओं को इतवारी बाजार में सब्जी दुकान लगाने की समझाईश दी गई रायगढ़ की एक कॉलोनी में दो कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद प्रशासन ने कॉलोनी को सील कर दिया है वहीं बलरामपुर जिले में विदेश से लौटी एक छात्रा को कोरोना संक्रमित पाया गया है अपनी पुत्री को लेने रायपुर एयरपोर्ट पहुंचे पिता की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है पिता पुत्री के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद उनके संपर्क में आए लोगों की पहचान की जा रही है इस बीच महासमुंद जिले के पिथौरा ब्लॉक के ग्राम कोल्दा के एक सौ पचास श्रमिक क्वारेंटाइन सेंटर से भाग गए बाद में जब पतासाजी की गई तो ये सभी श्रमिक अपने अपने घरों में मिले इस घटना के बाद प्रशासन ने इस क्षेत्र को सील कर दिया है सभा अन्मति स्पष्टीकरण प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए फिलहाल जन समूह वाले कार्यक्रमों सभाओं के आयोजन की अनुमति नहीं दी जाएगी सामान्य प्रशासन विभाग ने केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा बीते तीस मई को जारी आदेश लॉकडाउन में होटल और रेस्टोरेंट में कार्यक्रम सभा आयोजन के संबंध में स्पष्ट किया है कि सामाजिक राजनीतिक खेलकूद मनोरंजन शैक्षिक सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रम तथा अन्य विशाल जन समूह वाले कार्यक्रम सभा आयोजन के लिए अनुमति नहीं होगी वहीं शादी संबंधी आयोजन के लिए जिला प्रशासन की लिखित अनुमति लेनी पड़ेगी और इसमें अधिकतम पचास व्यक्ति ही सम्मिलित हो सकेंगे

यह मन की बात द्वितीय की तेरहवीं कड़ी होगी श्री मोदी ने इसके लिए लोगों से विचार आमंत्रित किए हैं

रेलवे यात्री ट्रेन रेलवे ने बारह अगस्त तक मेल एक्सप्रेस यात्री और उपनगरीय सेवा सहित सभी नियमित समय सारणीबद्ध यात्री सेवाएं रद्द करने का फैसला किया है एक जुलाई से बारह अगस्त के बीच यात्रा के लिए नियमित समय सारणीबद्व रेलगाड़ियों के लिए बुक किए गए सभी टिकट रद्द समझे जाएंगे और उनका पूरा रिफंड यात्रियों को किया जाएगा लेकिन वर्तमान में सभी दो सौ तीस स्पेशल रेलगाडियां निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चलती रहेंगी जिनके लिए इक्कीस मई को या उसके बाद टिकट बुक किए जा रहे हैं इनमें बारह मई से शुरू हई स्पेशल राजधानी और एक जुन से शुरू हई स्पेशल और मेल एक्सप्रेस सेवा जारी रहेगी इससे पहले रेलवे ने तीस जून तक बुक किए गए सभी टिकट रद्द करने और यात्रियों को उनका प्रा रिफंड करने की घोषणा की थी सीबीएसई परीक्षा उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने एक से पन्द्रह जुलाई तक होने वाली दसवीं और बारहवीं की शेष अब रद्द कर दी हैं सीबीएसई ने कहा है कि रद्द परीक्षाओं में छात्रों का मूल्यांकन सक्षम समिति के सुझावों के अनुसार किया जाएगा बोर्ड ने बताया है कि जिन छात्रों ने तीन से अधिक विषयों में परीक्षाएं दी हैं उन्हें सर्वोत्तम प्रदर्शन वाले तीन विषयों में प्राप्त अंकों के औसत अंक उन विषयों के लिए दिए जाएंगे जिनकी परीक्षाएं नहीं हुई हैं जिन छात्रों ने केवल तीन विषयों में परीक्षाएं दी हैं उन्हें सर्वोत्तम प्रदर्शन वाले दो विषयों के औसत अंक बाकी की परीक्षाओं के लिए दिए जाएंगे जिन छात्रों ने केवल एक या दो विषयों में परीक्षा दी है उनका परिणाम परीक्षा वाले विषय तथा आतंरिक प्रायोगिक और परियोजना परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर घोषित किया जाएगा इस आंकलन योजना के आधार पर दसवीं और बारहवीं कक्षा के परिणाम पन्द्रह जुलाई को घोषित किए जाएंगे सीबीएसई बारहवीं कक्षा के लिए उन विषयों में बाद में ऐच्छिक परीक्षा आयोजित करेगा जिनका संचालन इस साल एक जुलाई से तय किया गया था जो विद्यार्थी आंकलन योजना के आधार पर घोषित अपने परिणाम में सुधार करना चाहते हैं वे इन ऐच्छिक परीक्षाओं में भाग ले सकते हैं आदर्श थाना डीजीपी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के सभी थानों को आदर्श थाना के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप आदर्श थाना और आदर्श थाना प्रभारी योजना एक जुलाई से शुरू की जा रही है पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने आज प्रदेश के एक सौ अट्ठाईस से अधिक थानेदारों से वीडियो कॉलिंग ऐप के जरिए इस संबंध में बात की इस दौरान उन्होंने कहा कि आदर्श थाना के तय मापदंडों पर जो खरा उतरेंगे उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा डीजीपी ने थाना प्रभारियों को बताया कि आदर्श थाना के कुछ मापदंड तय किए गए हैं जिसमें थाना प्रभारी और अन्य स्टाफ का आम लोगों के साथ बेहतर आचरण भी शामिल हैं इस मौके पर बताया गया कि कबीरधाम जिले के बोड़ला थाना को केन्द्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से आदर्श थाना का पुरस्कार प्राप्त हुआ है डीजीपी ने बोड़ला थाना प्रभारी को प्रमाण पत्र प्रदान किया एम्स ओपीडी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर की ओपीडी सेवाएं कल सत्ताईस जून से पुनः सीमित रूप से प्रारंभ होने जा रही है ओपीडी सेवा के लिए मरीजों को पहले पंजीयन कराना होगा अभी पुराने और नये मरीजों को प्रतिदिन सीमित संख्या में ही ओपीडी के माध्यम से उपचार प्रदान किया जाएगा एम्स रायपुर के निदेशक डॉक्टर नितिन एम नागरकर ने बताया कि एम्स ने कल सुबह नौ बजे से दोपहर डेढ़ बजे तक प्रथम पाली में ओपीडी प्रारंभ करने का निर्णय लिया है पहले चरण में ब्रॉड स्पेशियलिटी विभाग के लिए प्रतिदिन तीस रोगियों को परामर्श दिया जाएगा जिनमें बीस नियमित और दस नये रोगी होंगे सुपर स्पेशियलिटी विभागों के लिए रोगियों की संख्या पन्द्रह होगी जिसमें दस नियमित और पांच नये रोगी शामिल होंगे ओपीडी में पहली बार जांच के लिए आने वाले रोगियों को ऑनलाइन पंजीयन कराना होगा इसके साथ ओआरएस ऐप के माध्यम से भी पंजीयन करवाया जा सकेगा रोगी को केवल एक ही परिजन साथ लाने की अनुमति होगी साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और मास्क भी लगाना होगा उन्होंने बताया कि टेलीमेडिसीन की सुविधा पहले की तरह जारी रहेगी व्यापमं प्रवेश परीक्षा छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापमं द्वारा आयोजित की जाने वाली सभी प्रवेश परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों को पुनः ऑनलाइन आवेदन की सुविधा तेईस जून से दी जा रही है यह आवेदन तीस जून तक किए जा सकेंगे सलाहकार डॉ प्रदीप चौबे ने बताया कि अभ्यर्थी व्यापमं की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं साथ ही अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने की सुविधा भी दी गई है

इस वर्ष का विषय है बेहतर देखभाल के लिए बेहतर जानकारी यह दिन प्रतिवर्ष मादक ताजा पदार्थो के सेवन को लेकर समाज में जागरूकता लाने के लिए मनाया जाता है इधर प्रदेश में भी अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस के मौके पर नशापान के खिलाफ जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं विभिन्न जिलों में समाज कल्याण सहित विभिन्न विभागों के सहयोग से व्यापक प्रसार प्रसार और जनजागरूकता के लिए अभियान चलाया जा रहा है इस दौरान लोगों को नशापान से होने वाले दृष्परिणामों की जानकारी दी जा रही है बालोद जिला मुख्यालय सहित दल्लीराजहरा निकाय क्षेत्र में पुलिस विभाग द्वारा रैली निकालकर लोगों को नशापान के खिलाफ जागरूक किया गया इस रैली में पुलिसकर्मियों के अलावा एनसीसी और स्काउड गाइड के कैडेट शामिल हुए

इसके लिए ये विद्यार्थी राष्ट्रीय स्तर पर दिव्यांगों के लिए आयोजित ऑनलाईन संगीत प्रतियोगिता में भाग लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे

बालोद जिले में भी पुलिसकर्मियों को स्वस्थ रखने और तनाव दूर करने के उद्देश्य से आज स्पंदन योजना की शुरूआत की गई है